राज्य में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे बैठक ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार का विशेष ध्यान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

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिन्दम बागची ने संवाददाताओं को जानकारी दी कि मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पिछले साल सितंबर से ही ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं जिससे सड़क रेल वायु और समुद्री मार्गों से ऑक्सीजन परिवहन के विभिन्न मुद्दे सुलझाने में मदद मिली है उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों को समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी श्री गौबा ने कहा कि टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम होनी चाहिए बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड जांच को प्राथमिकता देने पर जोर दिया

वैक्सीन के उचित उपयोग के बारे में उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए टीकाकरण के दोनों डोज पूरा करने के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कोविड मानकों का पालन करने के महत्व और सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों तथा परामर्श के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल करके शहरी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया उन्होंने दिशा निर्देशों को लोगों के समक्ष रखने के लिए सामुदायिक नेताओं और स्थानीय स्तर के प्रभावी व्यक्तियों को शामिल करने का भी अनुरोध किया ताकि कोविड के शुरुआती लक्षणों के बारे में कोई घबराहट न हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कल समाप्त हो रहा है आंशिक लॉकडाउन के कारण राज्य में कोराना संक्रमण पर नियंत्रण हो सका है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रभावी उपायों पर पहल करना जरूरी है जिससे संक्रमितों को समुचित व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कल दक्षिणी छोटानागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल के मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में लॉकडाउन के संकेत दिये बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता के अभाव में कोरोना के खतरे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है और लोग टीका नहीं लेना चाह रहे हैं राज्य सरकार अब विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच इलाज और टीकाकरण को लेकर कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है

राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है

झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चौवन हजार पांच सौ तैंतीस पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों में सात हजार पांच सौ एकतिस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसकी संख्या नये सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग दोगुनी है पिछले चौबीस घंटों में चार हजार तीन सौ पैंसठ नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में तेरह मई तक प्रभावी एक हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किये गये अन्य चिकित्सिय उपायों के कारण संक्रमण की दर में दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब आठ दशमलव एक आठ प्रतिशत पाया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक सौ तीन संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख बासठ हजार एक सौ चौरासी लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अस्सी दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गई है केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है मंत्रालय ने कोविड से निपटने के लिए ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस बारे में प्रचार के लिए स्थानीय समुदाय के लोगों को शामिल करें मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे पंचायत कार्यालयों स्कूलों और सुविधा केन्द्रों जैसी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए गांवों में कोविड जांच टीकाकरण केन्द्रों डॉक्टरों और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं पंचायतों से जरूरतमंदों और प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटाइन और आइसोलेशन केन्द्र बनाने को भी कहा गया है मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राशन पेयजल स्वच्छता और रोजगार आदि से संबंधित सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों की सहायता करें सरायकेला खरसांवा जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान जिला प्रशासन द्वारा संक्रमित मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं घर पर भी कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन के दौरान अस्पताल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों नर्सों पारा मेडिकल कर्मी और अन्य मैन पावर की कमी से सरकार अवगत है श्री सोरेन ने सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवानिवृत्त इच्छुक अवकाश प्राप्त चिकित्सक या अन्य कर्मी से उनकी सेवा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है केन्द्र ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्यों से कड़ी निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग नदी में शवों का प्रवाह न करें पिछले दो दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बहते शवों की आ रही खबरों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला गंगा समितियों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों पत्र में कहा गया है शवों को बहाने से न केवल नदी का पानी प्रदूषित होता है बल्कि तट पर रहनेवाले समुदायों में संक्रमण फैलने का भी खतरा है सभी अज्ञात शवों या संदिग्ध कोविड मरीजों के शवों का कोविड नियमों के अनुसार समुचित दाह संस्कार किया जाना चाहिए

झारखंड प्रशासनिक सेवा के दस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर के रूप में प्रोन्नति दी गयी है भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है केंद्र के आदेश के बाद झारखंड के कार्मिक विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रांची में ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है रिम्स में कल दो मरीज मिले हैं जो न्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में जंगली हाथियों ने बीती रात चांडिल के दिरलांग गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का दरवाजा तोड़कर मध्यान्ह भोजन योजना का चावल खा गये इसके अलावा हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों के दो घर को क्षतग्रिस्त कर दिया न्यायाधीश विजय कुमार ने कल सरायकेला खरसावां जिला व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर योगदान दिया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने देश और राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में आयी गिरावट को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सभी अखबारों ने स्वस्थ हो रहे मरीजों की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दी दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री की होनेवाली बैठक को पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने रांची के रहनेवाले आईपीएस सीमांत सिंह बने कर्नाटक के ऑक्सीजन मैन नाम शीर्षक से कोविड के दौरान शहरवासियों द्वारा अन्य जगह पर किये गये सराहनीय कार्यों के ऊपर स्पेशल स्टोरी प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने पिछले पांच दिनों में राज्य में संक्रमण में आयी गिरावट की खबर को पहली खबर बनाया है दैनिक जागरण ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के थमने के संकेत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है